कोविड महामारी के ख़िलाफ़ देश एकजुट होकर लड़ रहा है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 मास्क पहनें दो गज़ दूरी है ज़रूरी सुरक्षित दूरी बनाए रखें हाथ और मुंह साफ़ रखें

इस अभ्यास का उद्देश्य वास्तविक टीकाकरण प्रक्रिया को सुगम बनाना है प्रस्तावित टीकाकरण केन्द्रों पर लाभार्थियों के पंजीकरण और माइक्रोप्लानिंग की पूरी योजना का परीक्षण जिलाधिकारी को निगरानी में होगा पूर्वाभ्यास में राज्य जिला प्रखंड और अस्पताल स्तर के सभी अधिकारियों को कोविड टीकाकरण अभियान के सभी पहलुओं की जानकारी भी दी गयी भारत में दो कोरोना वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन को आपातकाल इस्तेमाल की अनुमति मिल चुकी है इससे पहले दो जनवरी को पूरे देश में पहला ड्राई रन सभी राज्यों के कुछ जिलों में किया गया था शहर से लेकर गांव तक टीकाकरण का काम सुचारु रूप से कराने के लिए लाखों कर्मियों को प्रशिक्षित किया गया है

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई प्रदेशों में बर्ड फ्लू के मामले मिलने के मद्देनजर राज्य में पूरी सतर्कता बरतने के निदश दिये हैं मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक के बाद समीक्षा कर रहे थे

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रयागराज में शीतकाल में हर वर्ष प्रवासी पक्षियों का आगमन होता है जल्द ही वहां माघ मेला आयोजित होने वाला है इसलिए मेल के दौरान बर्ड फ्लू को लेकर विशेष सतर्कता बरतने की आवश्यकता है मुख्यमंत्री ने प्रयागराज मेला प्राधिकरण को निदेश दिया कि वह इस बात का व्यापक प्रचार प्रसार करे कि वर्तमान स्थित में वहां पहुचने वाले श्रद्धालु पक्षियों को दाना इत्यादि न खिलाएं मुख्यमंत्री ने कहा कि पशुओं को खुरपका और मुंहपका बीमारियों से बचाने के लिए प्रदेश में पश् टीकाकरण का अभियान वृह्द स्तर पर चलाया जा रहा है

उन्होंने कहा कि खरीदे गय धान का सुरक्षित भंडारण भी सुनिश्चित किया जाये

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ढाई करोड़ से अधिक कोरोना की जाचं पूरी होने पर संतोष व्यक्त किया है उन्होंने कहा कि कोरोना संकमण की चेन को तोड़ने में नमूनों की जांच की महत्वूपर्ण भ्मिका है

मुख्यमंत्री आज लखनऊ में एक उच्चस्तरीय बैठक में अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा कर रहे थे

कोविड अस्पतालों मे ंव्यवस्थाओं को चुस्तदुरूस्त बनाये रखें

उन्होंने कहा कि कोरोना वैक्सीनेशन के संबंध में जनपदों में किये जा रहे प्रबन्धों की नियमित मानीटरिंग की जाये और इस बारे में आवश्यक मार्गदर्शन सुनिश्चित किये जायें

म्ख्यमंत्री ने कहा कि इस ऐप के माध्यम से लोगों को ऑन लाइन चिकित्सकीय परामर्श की सुविधा उपलब्ध कराई जाये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

मेरठ जोन के पुलिस महानिरीक्षक प्रवीण कुमार ने बताया कि जनपद के थाना सिकन्दराबाद अन्तर्गत गाव जीतगढ़ी में शराब से पांच लोगों की मौत हुई और सोलह को चिन्हित कर अस्पताल में भर्ती कराया गया है उन्होंने बताया कि भर्ती कराये गये सभी व्यक्तियों की हालत ठीक हैं शराब से हुई मौतों का कड़ा संज्ञान लेते हुए शासन ने संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है पुलिस महानिरीक्षक ने न बताया कि थानाध्यक्ष सहित चार अन्य पुलिसकर्मियो को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है सिकन्दराबाद क्षेत्र में तैनात आबकारी निरीक्षक प्रभात वर्धन प्रधान आबकारी सिपाही राम बाबू तथा दो आबकारी सिपाहियों श्रीकांत सोम और सलीम अहमद को कार्य में शिथिलता बरतने के आराप में प्रथम दृष्टया दोषी मानते हए निलंबित कर दिया गया है मेरठ जोन के संयुक्त आबकारी आयुक्त राजेशमणि त्रिपाठी और उप आबकारी मेरठ सुरेश चन्द पटेल तथा जिला आबकारी अधिकारी बुलंदशहर संजय स्रिपाठी को कार्य में शिथिलता बरतने के लेकर विभागीय कार्रवाई शुरू करते हुए उन्हें आबकारी मुख्यालय से सम्बद्ध कर दिया गया है प्रदेश में कोरोना संकमण की स्थित में सुधार जारी है और नये कोरोना मामलों की संख्या में लगातार कमी आ रही है

वही इस दौरान एक हजार एक कोरोना रोगी पूरी तरह ठीक हो गये

अब तक कुल दो करोड़ पचास लाख चौतीस हजार उन्तालीस जांच की गई हैं उन्होंने बताया कि कोरोना के सकिय रोगियों में से चार हजार सात सौ तेरह रोगी होम आइसोलेशन में इलाज करा रहे हैं वहीं एक हजार छप्पन निजी चिकित्सालयों में इलाज करा रहे हैं और शेष का इलाज सरकारी अस्पतालों में चल रहा ह बदायूं जिले में उघैती गाँव की एक महिला के साथ दुष्कर्म और हत्या मामले के तीसरे और मुख्य आरोपी महंत सत्यनारायण को स्थानीय पुलिस ने कल रात गिरफ्तार कर लिया है जिला पुलिस अधीक्षक संकल्प शर्मा ने बताया कि पुलिस आरोपी से इस जघन्य अपराध के बारे में पूछताछ कर रही है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कल विशेष कार्यबल को इस मामले की जांच में मदद करने के लिए आदेश दिए थे उन्होंने बरेली के अपर पुलिस महानिदेशक से घटना की विस्तृत रिपोर्ट मांगी है अपर पुलिस महानिदेशक अविनाश चन्द्र ने बदायू के जिला मजिस्ट्रेट कुमार प्रधान और अन्य वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पीड़िता के परिवार से मुलाकात की और उन्हें हरसंभव मदद का आश्वासन दिया

इस वर्ष यह परीक्षा आईआईटी खड़गपुर आयोजित करेगा